राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मध्याहन भोजन बनाने वाले रसोइया सह सहायिका का मानदेय पांच सौ रुपए बढ़ा दिया है

एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहन मालिकों के लिए चौदह दिनों तक निःशुल्क फास्टैग की सुविधा दी है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

प्रधानमंत्री नींव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम तमिलनाड में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की नींव रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मनाली के रामनाथपुरम थौतुक्डी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डिसल्फ्रिजनेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन तेलशोधक केन्द्र की आधारशिला भी रखेंगे इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य को सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे इसके अलावा देश ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित राज्य के मुख्यमंत्री एदापदी के पलनीस्वामी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहेंगे

रसोइया मानदेय राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मध्याहन भोजन बनाने वाले रसोइया सह सहायिका का मानदेय पांच सौ रुपए बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी इसके लिए कुल उनचालीस करोड़ उनयासी लाख पचपन हजार रुपए व्यय किए जाएंगे अब प्रत्येक रसोइया सह सहायिका को केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर दो हजार रुपए मिलेंगे बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल दो हजार बीस से दी जाएगी इससे राज्य में कार्यरत लगभग अस्सी हजार रसोइया लाभान्वित होंगी जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र प्रायोजित इस योजना में मध्याह न भोजन बनाने के लिए प्रत्येक रसोइया को वर्ष में दस महीने के लिए एक हजार रुपए देने का प्रावधान है वहीं राज्य सरकार अब अपनी तरफ से एक हजार रुपए देगी झारखंड कोरोना राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार पचहतर हो गई है वहीं चौवालीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या एक लाख सत्रह हजार दो सौ इक्यासी हो गई है राज्य में कोरोना स्वस्थ होने वाले लोगों की दर अंठानबे दशमलव चार नौ हो गई है

प्रधानमंत्री कोरोना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले छह वर्षों में लोक कल्याण के लिए दृनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिन से गरीब लोग भी सम्मान की जिन्दगी जी सकें

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इसके तहत दी जाने वाली दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में कमी की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में टीकाकरण में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने भारत को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केन्द्र बनाने का भी आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद विश्व को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्पेशल स्टोरी गोड़डा गोड्डा जिले में आधुनिक तकनीक से खेती के लिए किसानों को पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है रामदास अठावले केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिये काम कर रही है

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ कल हुई समीक्षा बैठक के बाद रांची में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री अठावले ने झारखंड में केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जनधन खाते और प्रधानमंत्री आवास योजना की उपलब्धियों के बारे में बताया अमेजन इंडिया अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करेगा जिसकी शुरूआत चेन्नई स्थित उसके कारखाने में अमेजन फायर टीवी स्टिक से होगी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेजन ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत के लिए कन्ट्री हेड अमित अग्रवाल के साथ कल वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की श्री प्रसाद ने कहा कि भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है और इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों की वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख देश बनने जा रहा है उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी श्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इससे डिजिटल तरीके से सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अभियान को भी बल मिलेगा इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है

सर्वोच्च न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पर लगाई गई रोक हटाने से इनकार कर दिया न्यायाधीश नागेश्वर राव और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने इन कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ठीक करने की बात कही थी लेकिन तय समय में कमियां दूर नहीं की गई है कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पर सवाल उठाया जैसा कि आपको मालूम है कि इन तीनों कॉलेजों में एक एक सौ सीट पर नामांकन होना था फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए पंद्रह फरवरी से फास्टैग अनिवार्य किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वाहन मालिकों के लिए चौदह दिनों तक निःशुल्क फास्टैग की सुविधा दी है सामान्य तौर पर फास्टैग के लिए तीन सौ रुपए शुल्क लिया जाता है अधिक से अधिक वाहन फास्टैग का इस्तेमाल करें इसके मद्देनजर यह सुविधा दी गई है अभी बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पार करने के लिए दोगुना टैक्स देना पड़ता है स्पेशल स्टोरी सिमडेगा सिमडेगा जिले में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों के लिए गूड समेरिर्टन पॉलिसी अपनाई जा रही है

मौसम राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट ली है आज सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुए हैं रांची और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है केल भी रांची सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई थी

इस दौरान बारिश और वजपात की भी संभावना है

बैंक मोड़ थाना प्रभारी रणधीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मटक्रिया इलाके में तीन जगहों पर छापेमारी की छापेमारी के दौरान मोटी रकम के ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं

दुर्घटना अनियंत्रित कार के बाईक सवार को चपेट में लेने से हुईं

प्रभात खबर ने हजारीबाग में पीडीएस के केरोसिन में गड़बड़ी पांच जगह विस्फोट आठ झुलसे एक मौत शीर्षक को पहली खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने निजी क्षेत्र में पचहतर प्रतिशत आरक्षण पर बढ़ी सरकार नया ड्राफ्ट बनेगा शीर्षक को लीड खबर बनाया है दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखं डमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में चौदह सौ करोड़ रुपए की गड़बड़ी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मिड डे मिल बनाने वाली रसोइया को अब दो हजार मासिक मानदेय खबर को पहली खबर बनाया है रांची एक्सप्रेस ने लोहरदगा में आईईईडी ब्लास्ट में घायल जवान की इलाज के दौरान मौत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने कोरोना वायरस के साउथ अफ्रीका और ब्राजील स्ट्रेन भारत में मिलने खबर को पहली खबर बनाया है